मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर जीवन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की है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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री असम के धेमाजी जिले में सिलापाथार में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी धेमाजी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का उदघाटन करेंगे और सुआलकची इंजीनियरिंग कालेज की आधारशिला रखेंगे इन परियोजनाओं से असम में ऊर्जा सुरक्षा और समुद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे ये परियोजनाए प्रधानमंत्री के पूर्वोदय विजन के अनुरूप हैं इनका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है श्री मोदी पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली में कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे

उन्होंने कहा कि यह रेल परियोजना इसलिए खास है क्योंकि यह कालीघाट स्थित मां काली के पवित्र मंदिर को दक्षिणेश्वर से जोड़ती है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर जीवन के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई समस्याओ और चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री ने कल बोकारो में रोटरी क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रमो और गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में कोरोना महामारी की वजह से व्यवस्थाओं में कई बदलाव देखने को मिला इन सबके बीच व्यवस्था को पटरी पर लाने और सामान्य जीवन लाने की दिशा में सरकार काफी प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं रोटरी क्लब के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को क्लब द्वारा संचालित गतिविधियों कार्यक्रमों और कार्यों से अवगत कराया खूंटी जिले की पुलिस ने छत्तीसगढ़ से अगवा छह साल के बच्चे को सकृशल मुक्त करा लिया और तीन अपहरणकर्तताओं को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है खूंटी के पुलिस अधीक्षक आश्तोष शेखर ने बताया कि रायगढ़ के एसपी संतोष सिंह ने शनिवार देर रात फोन कर यह सूचना दी थी कि रायगढ़ के एक व्यवसायी के छह साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से यह भी जानकारी दी गयी कि अपहरणकर्ता बच्चे को अपने साथ खूंटी के रास्ते रांची की ओर ले जा रहे हैं इस सुचना पर सघन वाहन जांच में खुंटी थाना क्षेत्र में एक कार से अगवा बच्चे को बरामद किया और तीन अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया पुलिस पूछताछ में अपहरणकर्ताओं ने बताया कि बच्चे का अपहरण करने के बाद फिरौती वसूलने की योजना थी भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड का टीका लगाने के मामले में नित नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं

वहीं संक्रमण से रांची जिले से एक मरीज की मौत हई है

इनमें चार सौ तिरपन सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख अठारह हजार अनठावन मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार पचासी मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं

इसके तहत लोगों को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा फाइलेरिया रोधी दवाएं निःशुल्क खिलाई जाएंगी स्वास्थ्य मंत्री ने कल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कार्यक्रम की वर्चुअल शुरूआत की उन्होनें लोगों से फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही सेवन करने की अपील की उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट दवा बिलकुल न खाएं उन्होंने कहा कि एमडीए कार्यक्रम में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे गर्भवती महिला और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाओं की खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा खिलाई जाएगी श्री गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला को निर्देशित किया कि चारों जिले के उपायुक्तों के साथ समन्वय बनाकर एमडीए कार्यक्रम की गहन समीक्षा करते रहें झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसायटी द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के ब्रुहात् गांव में बकरी पालन केंद्र बनाया गया है झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा यहां बकरी प्रजनन केंद्र सेड का भी निर्माण कराया गया है रीला माला महिला समिति द्वारा यह बकरी पालन किया जा रहा है पोटका के विधायक संजीव सरदार ने बताया कि पोटका डुमरिया में काफी अच्छी तरह से महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है जेटीडीएस द्वारा बुरुहातू गांव में बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया गया

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई तरह के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है लोहरदगा जिले में विशेष केंद्रीय सहायता योजनामद के तहत किस्को प्रखण्ड तिसिया ग्राम में ब्रिकेटिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है

गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के एक रोजगार सेवक की सेवा समाप्त कर दी गई है गोड्डा उप विकास आयुक्त अंजली यादव ने बसंतराय प्रखंड में मनरेगा के कामों में शिथिलता बरतने के आरोप में बसंतराय प्रखंड के मोबी उद्दीन रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन इसका जवाब संतोष जनक नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई चतरा जिले में सदर और सिमरिया थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में कल देर शाम हुई अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के डहरी गांव में घटी जहां पुआल के तीन मचानों में भीषण आग लग गई मचान के समीप स्थित खपरैल मकान उसकी जद में आ गया इस घटना में घर में रखा करीब पांच क्विंटल धान चावल नकदी समेत करीब एक लाख की संपत्ति जलकर राख हो गयी वहीं दूसरी घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के फतहा गांव में घटी जहां खेत मे बने दो खलिहान में अचानक आग लग गई पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है चंडीगढ़ में आयोजित पचपनवीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में झारखंड की सुप्रीति कच्छप ने स्वर्ण पदक जीता है

तमिलनाडू की आकांक्षा ने रजत और राजस्थान की उर्मिला ने कांस्य पदक हासिल किया पिछले दो महीने में सुप्रीति का यह पांचवा राष्ट्रीय पदक है फेडरेशन कप में दो कांस्य जूनियर नेशनल में एक रजत और एक कांस्य पदक भी जीता है सुप्रीति की उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने बधाई दी है इधर चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली उनतीसवीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता के लिए कल झारखंड टीम की घोषणा कर दी गई

खूंटी जिले में मारंगहादा थाना क्षेत्र की लान्द्रप पंचायत के कांटड़ापीड़ी में पुलिस ने शनिवार को जला शव बरामद किया था

हत्यारों की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी अभियान चला रही है

जिसमें उन्होंने लंबित मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में गुमला की सुप्रीति ने जीता खर्ण राज्य की पहली बेटी जिसे मिला ये सम्मान इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने चंडीगढ़ में आयोजित पचपनवीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में सुप्रीति कच्छप के बेहतर प्रदर्शन की खबर को अपनी सुर्खी बनायी है दैनिक जागरण की सुर्खी है रांची नगर निगम शेयर मार्केट में लाएगा दो सौ करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बांड